केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी की एक बैठक में इस कार्यक्रम के अनुमोदन को मंजूर किया गया

इस परियोजना का उद्देश्य बिजली क्षेत्र का समग्र विकास करना है मुख्यमंत्री इस बीच मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर कांगड़ा जिला प्रवास के आज दूसरे दिन ढलियारा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे

सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने समाज के सभी वर्गों से लड़के लड़कियों को बराबर का दर्जा देने का आहवान किया है कसौली विधानसभा क्षेत्र के गढ़खल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय सम्मान समारोह की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही सैजल ने कहा कि सरकार ने लड़कियों को हर क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाए शुरू की हैं रणधीर भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति बिगाड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सरकारों के समय फिजूलखर्ची बढ़ी और आर्थिक कुप्रबंधन के कारण प्रदेश में कर्जा लेने की प्रथा शुरू की गई रणधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकारों के समय प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के कई प्रयास गए हैं और कर्ज में ली गई धनराशि को विकास कार्यों पर खर्च किया गया है एनएच किन्नौर जिला में राष्ट्रीय उच्चमार्ग पांच पर चटटाने आने से आवाजाही कल से बाधित है जिससे पूह की तरफ आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है हालांकि इस मार्ग को खोलने के प्रयास जारी हैं

इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक दो साल में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना है ताकि मिट्टी की पोषक कमियों को दूर करने के उपाय किये जा सकें इस योजना के तहत विशेषज्ञों की सलाह के मुताबिक खेतों में पोषक तत्वों का प्रयोग करने से किसानों की पैदावार में वृद्धि हुई है एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने फर्जी नियुक्ति पत्र से जुड़ी खबर को प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है मैडिकल कॉलेज में नौकरी के नाम पर थमाए फर्जी नियुक्ति पत्र दैनिक जागरण की सुर्खी है फर्जी लैटर के साथ ज्वाइनिंग के लिए आईजीएमसी पहुंचे चार युवा

दिव्य हिमाचल के शब्द हैं आईजीएमसी में पहुंचे फर्जी ज्वाइनिंग लेटर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कांगड़ा दौरे की खबर को दैनिक सवेरा टाइम्स ने शीर्षक दिया है ज्वाली को विद्युत मंडल मझीण में लोक निर्माण विभाग उपमंडल तोहफा हिमाचल दस्तक ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है विधानसभा में लाएंगे नया मोटर व्हीकल एक्ट आपका फैसला की सुर्खी है खुंडिया में खोला जाएगा शिक्षा खंड भूकंप से जुड़ी खबर को अजीत समाचार ने शीर्षक दिया है शिमला में भूकंप के झटके दैनिक सवेरा टाइम्स की सुर्खी है भूकंप के झटकों से फिर कांपा शिमला आपका फैसला और दैनिक भास्कर के एक जैसे शब्द हैं शिमला में भूकंप के झटके कोई भी नुक्सान नहीं

बिना शक्तियां लोकायुक्त की सचिव ने अवकाश पर भेजा स्टाफ दैनिक जागरण की एक खबर है